उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ आज हुआ सम्पन्न

मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल और फैजाबाद जिला एवं मंडल का नाम क्रमशः अयोध्या जिला एवं मंडल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने मक्का का न्यूनतम सम्थन मूल्य एक हजार सात सौ रूपये निर्घारित किया है इसके अलावा किसानों को मढ़ाई और छनाई के लिए बीस रूपये प्रति कुन्तल की दर से खर्च भी दिया जायेगा सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन मक्का की खरीद का लक्ष्य भी रखा है कैबिनेट ने वित्तविहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है पुरस्कार के लिए प्रदेश के अट्ठारह मंडलों से एक एक शिक्षक को उनके कार्य अनुमव और उत्कृष्ट सेवा के आधार पर चुना जायेगा सरकार ने पुस्कार के लिए शिक्षकों के लिए कम से कम पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा और विद्यालय के प्राचार्यो के लिए कम से कम बीस वर्ष के कार्य अनुमव की अर्हता रखी है यह पुरस्कार पच्चीस दिसम्बर को सुशासन दिवस के अवसर पर पात्र शिक्षकों को दिया जायेगा मंत्रिपरिषद ने जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें चिकित्सा विश्वविद्यालय सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए लेक्वरर के पद को अस्सिटेंट प्रोफेसर करने मक्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में भी नये मेडिकल कॉलेज सोसायटी मोड में संचालित करने तथा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक सौ तीस भवनों को अधिग्रहीत करने के प्रस्ताव शामिल हैं मंत्रिपरिषद ने वाराणसी में आध्यात्मिक सत्संग व शोमा यात्रा के दौरान हुए हादसे की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है यह घटना अक्टूबर सोलह में हुई थी जिसमें पच्चीस लोगों की मौत हो गई थी दिवंगत केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनन्त कुमार का कल बेंगलुरू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया दिवंगत नेता की अन्त्येष्टि में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भाजपा के राष्ट्रीय अव्यक्ष अमित शाह सहित कई केन्द्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे उनसठ वर्षीय श्री अंनत कुमार का सोमवार को भोर में निधन हो गया था वह कैसर रोग से पीड़ित थे दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि देने के लिए कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हई मंत्रिमंडल ने उनके निघन पर गहरा द्ख व्यक्त किया एक प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि देश ने एक अनुमवी नेता खो दिया है उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया श्री अनत कुमार ने केन्द्र सरकार में कई विमागों के मंत्री के रूप में काम किया था अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में श्री अनंत कुमार ने संसदीय कार्य पर्यटन संस्कृति युवा और खेल मामलों शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री के रूप में काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वे सबसे युवा मंत्री थे श्री कुमार कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसदीय कार्य मंत्रालय का भी प्रभार संभालेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह प्रभार सौपा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डीपी सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है प श श श श श श श प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चित्रकूट बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती सोनभद्र चन्दौली सिद्दार्थनगर और फतेहपुर ज़िलों में सड़क निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्राथमिकता के आधार पर बनाने का निर्देश दिया है श्री मौर्य कल लखनऊ में विमागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि सड़क के मामले में यह जनपद पिछड़े हए हैं इसे ध्यान में रखते हए कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए ताकि इन आठों ज़िलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा सके उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बन रही सड़कों का नियमित रख रखाव किये जाने का निर्देश भी दिया उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग की वजह से सड़कें खराब हो रही है ओवर लोडिंग रोकने के लिए जरूरी एहतियाती उपाय किये जाने चाहिए कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में तीन दिवसीय यूपी डिफेंस एक्सपो दो हजार अट्ठारह आज से शुरू हो रहा है आईआईए के अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि प्रदर्शनी में सरकार के सभी रक्षा उत्पादों को रखा जायेगा ताकि उद्यमियों को इन उत्पादों को बनाने की प्रेरणा मिले श्री वैश्य ने बताया कि प्रदर्शनी के जरिये उद्यमियों को आपूर्ति के बेहतर आर्डर भी मिल सकते हैं इसका उद्घाटन प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना करेंगे सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से प्रवर्तन एजेंसियों की अपेक्षाओं के अनुरूप आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाने के लिए चौबीस घंटे सक्रिय तंत्र सुनिश्चित करने को कहा है गृह सविव राजीव गौबा ने ऐसी सामग्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए नई दिल्ली में ट्विटर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्हें इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने और भारत में ऐसे शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी जो दिन रात उपलब्ध रहें

लक्ष्मण पहाड़ी में तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए रोप वे को पीपी मॅडल पर बनाया गया है एक रिपोर्ट धीरे ही सही लेकिन चित्रकूट लगातार बदल रहा है विकास की बयार लगातार चल रही है इसी ओर उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दर्जनों प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया गया है इनमें से यूपी का पहला रोपये वित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है हालांकि इसकी अभी गुरूआत नहीं हुई है लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा सबसे प्रमुख बात ये है कि इस रोप वे का संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जायेगा वित्रकूट के जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि एक घंटे में साढ़े बार सी लोग यात्रा कर सकते हैं

रोपवे में मोनो केबल फिक्स्ड पकड़ पल्स गोजोला सिस्टम लगा है गौरतलब है कि यूपी में फिलहाल ऐसे दो ही रोप ये बन रहे हैं दूसरा रोप ये विध्यांचल में बन रहा है

सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही सम्पन्न हो गया व्रती श्रद्वालुओं ने अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किए और अपना व्रत पूर्ण किया इससे पहले कल शाम व्रती श्रद्वाल्ओं ने ड्वते हए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह रहा आज तड़के भारी संख्या में श्रद्दालु नदियों सरोवरो और छठ पर्व के लिए बनाए गये अस्थायी पोखरो के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे जगह जगह छठ पर्व से जुड़े पारम्परित लोक गीत गाए जा रहे थे प्रदेश में खांडसारी इकाइयों का अपने उत्पादित शीरे को प्रदेश से बाहर भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण लेना होगा यह कदम शीरे की तस्करी रोकने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है इसके अन्तर्गत शीरा नियंत्रक और आबकारी आयुक्त द्वारा ऑन लाइन पोर्टल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा शासनादेश में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए शीरा नीति निर्धारण के अन्तर्गत वेबसाइट डब्यूडब्यूडब्यूडॉट यूपी एक्साइज ऑन लाइन डॉट इन पर यह सुविधा प्रदान की गई है